बार बार हाथ धोना मास्क और दो गज की दूरी अभी भी है जरूरी कोरोना उचित व्यवहार का पालन करे यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता की अगली किश्त कल जारी करेंगे

किसान इस दौरान प्रधानमंत्री से पीएम किसान योजना से जुड़े अपने अनुभव सांझा करेंगे तथा सरकार की अन्य किसान हितैषी योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे

इस योजना में लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि डाली जाती है

उन्होने कहा कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने अच्छा शासन पारदर्शिता व लोगों के लिए अच्छा जीवन यापन हेत् कई कदम उठाये है सीधे खाते में राशि दिये जाने की योजना भी सुशासन व पारदर्शिता लाने की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है केन्द्र सरकार ने किसान संगठनों को पत्र लिखकर उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है तथा कहा है कि वो इसके हल के लिए हल के लिए प्रतिबद्ध है सरकार ने कहा है कि किसान संगठन अगले दौर की बातचीत के लिए दिन व समय तय करेंगे कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र हमेश से बातचीत के लिए खूले मन से तैयार है ताकि प्रदर्शन कर रहे किसानों के मृददे अंतिम निष्कर्ष तक पहंचाये जा सके

सरकार ने एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में छपी उस खबर का खंडन किया है कि जिसमें कहा गया है कि इंग्लैंड से आये उन यात्रियों को जिनमें कोरोना के लक्षण पाये गये है उनमे से आधे नये तरह के कोरोना वायरस के रूप में संक्रमित है पत्र सूचना कार्यालय ने इस रिपोर्ट को गलत बताया कि और कहा है कि इन यात्रियों के कोरोना वायरस की जीनोम सीकवेंस की जांच कर अभी पहचान की जानी है

उप मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री चौटाला ने कहा कि औदयोगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में भी नये उदयोग धंधों को स्थापित किया जायेगा और गांवों की पंचायत भूमि पर उद्योग धंधे लगाकर युवओं को वहीं रोज़गार दिया जायेगा इसमें न केवल पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि युवाओं को भी अपनी दक्षता दिखाने का मौका मिलेगा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उदयोग नीति पर मंत्रिमंडल की मुहर लगते ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है श्री चौटाला ने कहा कि गांवों में औद्योगिक विकास के लिए महिलाओं और अन्सूचित जाति के लोगों दवारा चलाये जाने वाले स्क्षम उद्योगों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जायेगा

आज पंचकूला में एक कोविड मरीज़ की मृत्यु भी हुई है

राज्य सरकार दवारा यह वर्ष सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है उन्होंने इसके लिए प्रदेश सरकार की भी सराहना की

महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रतन अटल बिहारी वाजपेयी की जयती पर कल मनाये जाने वाले झज्जर में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम में रोहतक मंडल आय्क्त अनिता यादव मुख्य अतिथि होंगी राज्य स्तरीय कार्यकंम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के जिलों व उपमंडल स्तर पर वीडियो कांफ्रेस से ज्ड़ेगे

इस कड़ी में विजय दिवस पर दिल्ली से चारों दिशाओं में विजय ज्योति निकली है जिसका अमबाला पहंचने पर खड़ग कोर दवारा स्वागत कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया ये विजय ज्योति पटियाला के लिए रवाना हुई है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परसो भिवानी के प्रेमनगर गांव में आध्निक सुविधाओं से लैस भवन का उदघाटन करेंगे